अब ये बसें पूरी क्षमता के साथ चल सकेंगी

कोरोना संक्रमण के दौरान इन चुनावों को लेकर आयोग पहले ही दिशानिर्देश जारी कर चुका है इनमें कहा गया है कि राजनीतिक दलों को जहां जनसंपर्क के लिये सीमित लोगों के साथ अनुमति दी जाएगी वहीं प्रत्याशियों से ऑनलाइन नामांकन लिये जाएंगे मतदाताओं को मतदान के दौरान मॉस्क और सैनेटाइजर के साथ साथ लोगों को उचित दूरी का पालन भी करना होगा उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने दूसरी बार कोरोनो संकट के कारण इंजीनियरिंग संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई और मेडिकल प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट को स्थगित करने के अनुरोध को खारिज कर दिया है छह विपक्षी दल शासित राज्यों ने उच्चतम न्यायालय के पहले दिए गए आदेश की समीक्षा करने और परीक्षाएं स्थगित करने का आग्रह किया था इधर प्रदेश में जेईई की परीक्षाएं चल रही है राज्य सरकारों द्वारा परीक्षार्थियों को परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जा रही है ट्रेन संचालन रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भोपाल के हबीबगंज स्टेशन से रीवा के बीच चलने वाली विशेष ट्रेन का संचालन आज से शुरू हो रहा है

इसके अलावा जबलपुर से भोपाल होते हुए इंदौर के लिए भी आज से ट्रेन चलाई जायेगी उधर जबलपुर के मदनमहल स्टेशन से रीवा और मदनमहल से सिंगरौली के बीच स्पेशल ट्रेन आज से ही शुरू हो रही है

ये दिन शिक्षाविद् और पूर्व राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अवसर पर शिक्षकों को बधाई दी है राष्ट्रपति आज वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भी प्रदान करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा है कि समाज को गढ़ने का महत्वपूर्ण काम शिक्षक ही करते हैं श्री चौहान ने कहा कि कोरोना काल में भी शिक्षकों ने ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षित करने का कार्य किया उनकी ये भूमिका सराहनीय है उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव शिक्षक दिवस के अवसर पर आज दोपहर एक बजे से प्रदेश के प्राध्यापकों से वेबिनार के जरिये उच्च शिक्षा की चुनौतियों के साथ नई शिक्षा नीति को लेकर प्राध्यापकों से बात करेंगे स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को बधाई दी है टीकमगढ शिक्षक शिक्षक दिवस के अवसर पर टीकमगढ़ के शिक्षक संजय जैन को शिक्षा के क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रपति पुरुस्कार के लिये चुना गया है उन्होंने बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने के लिये एक अलग मॉडल विकसित कर महत्वपूर्ण नवाचार किया है

यहां रविवार का लॉकडाउन हटाए जाने के बाद अब जिला प्रशासन ने रात का कर्फ्यू भी हटाने के आदेश जारी कर दिये हैं कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि राजधानी में अब सभी गतिविधियां सामान्य दिनों की तरह ही होंगी शासकीय कार्यालयों में भी सभी कर्मचारियों को काम पर उपस्थित होना होगा

वे यहां स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे